अनलॉक दूसरा चरण कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक दो के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में लॉकडाउन इकतीस जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा अनलॉक दो के नये दिशा निर्देशों में मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम तरणताल मनोरंजन पार्क थियेटर बार ऑडिटोरियम एसेंबली हॉल और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं दी गई है दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि कर्फ्यू के समय में ढील दी गयी है और अब कर्फ्यू रात दंस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक धार्भिक तथा अधिक भीडभाड वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी संक्रमण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में सभी शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है घरेल विमान सेवा और यात्री रेलगाडियों के सीभित संचालन की अनुमति पहले से है जिसे धीरे धीरे बढाया जाएगा वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी संक्रमित क्षेत्र की निगरानी का काम राज्य सरकार का होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर नजर रखेगा कि ऐसे क्षेत्रों में दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं

कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से अनेक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में आज करीब तीस कोरोना पॉजीटिव मरीजों का पता चला है इनमें से राष्ट्रीय टीवी चैनल के एक पत्रकार के सहित ही कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी हैं इस बीच खबर मिली है कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित बचेली में सीआईएसएफ के आठ जवानों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है इनमें से सात जवान सीआईएसएफ कैम्प में पदस्थ थे जबकि एक जवान अपोलो अस्पताल में भर्ती था वहीं बीजापुर में भी सीआरपीएफ का एक अधिकारी कोरोना पॉजीटिव पाया गया है बीजापुर कलेक्टर ने इसकी पुष्टि की है इसके अलावा कबीरधाम जिले के नवघटा में भी कोरोना पॉजीटिव चार मरीज मिले हैं ये सभी प्रवासी श्रमिक हैं जो दिल्ली के पास गुरूग्राम से लौटे थे जिन्हें गांव में ही क्वारेंटाइन किया गया था इस बीच खबर मिली है कि महासमूद जिले के बागबाहरा विकासखंड के सूखीडबरी क्वारेंटाइन सेंटर में दस वर्षीय एक बालिका की मौत हो गई हैं यह बालिका अपने परिवार के साथ कुंछ दिन पहले उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर से वापस आई थी और फिलहाल क्वारेंटाइन सेंटर में रह रही थी मनरेगा जॉबकार्ड चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा जॉबकॉर्डघारी परिवारों को सौ दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है अप्रैल मई और जून महीने में पचपन हजार नौ सौ से अधिक परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है देश में सौ दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब इकतालीस प्रतिशत है वहीं लक्ष्य के विरूद्व रोजगार सुजन करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है शुरूआती तीन महीनों में ही यहां सालभर के लक्ष्य का छियासठ प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है इस दौरान आठ करोड़ चौरासी लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सुजन किया गया है ग्रामीणों को रोजगार देने भें माओवाद प्रभावित जिलों ने अच्छा काम किया है प्रदेश में लक्ष्य के विरूद्ध सर्वाधिक रोजगार देने वाले पहले पांच जिले बस्तर संभाग के हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी है

जीएसटीआर थ्री बी फॉर्म के लिए अधिकतम पांच सौ रूपये के विलम्ब शुल्क से राहत प्रदान की गई है यह छट जुलाई दो हजार सत्रह से जुलाई दो हजार बीस तक लागू होगी यह छूट उन्हीं करदाताओं को भिलेगी जो इस वर्ष तीस सितम्बर से पहले रिटर्न भर देंगे बस संचालक मासिक कर छूट राज्य सरकार ने यात्री बस संचालकों को जून माह के मासिक कर में भी छूट प्रदान कर दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पहले यात्री बस संचालकों को अप्रैल और मई माह के मासिक कर में छूट दी थी इस तरह बस ऑपरेटरों को अप्रैल मई और जून तीन माह के मासिक कर के भूगतान की छूट मिली है राज्य शासन के इस निर्णय से प्रदेश के यात्री बस संचालकों को लगभग पांच करोड़ रूपए का लाभ मिलेगा कर्मचारी संगठन प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय कर्मचारियों ने वार्षिक वेतन वृद्धि बहाली करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा महासमुंद में तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन के बाद डिप्टी कलेक्टर को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया वहीं धमतरी में कलेक्टोरेट कार्यालय के पास कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया ये कर्मचारी राज्य शासन द्वारा रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल किए जाने के अलावा कोरोना संकट काल में सेवारत कर्मचारियों को पवास लाख रूपये का सुरक्षा बोंमा और जोखिम भत्ता दिए जाने के साथ ही महंगाई भत्ते पर रोक हटाने लंबित पदोन्नति के प्रकरणों को एक सप्ताह में निपटाने की मांगे कर रहे हैं इस बीच छत्तीसगढ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के नेतत्व में विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने आज रायपूर में अपर मुख्य सचिव अमिताम जैन से वार्षिक वेतन वृद्धि जारी करने को संबंध में चर्चा की इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि वे इस बारे में जल्द ही मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे गरीब कल्याण अन्न योजना सरोज पांडेय भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डॉक्टर सरोज पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर माह तक किए जाने का स्वागत किया है उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की यह घोषणा कोरोना संक्रमण काल में देश के गरीबों मजदूरों और हर जरूरतमंद के प्रति कि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की मिसाल है साथ ही कोरोना संकट पर विजय पाने के केंद्र सरकार के जज्बे को भी दर्शाती है राष्ट्रीय महामंत्री ने अनलॉक ट् के दौर में मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील कीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भारतीयों की जीवन रक्षा के इस अभियान को अब मॉनसून और त्योहारों की कड़ी में हमारी सतर्कता ही सफल बना सकेगी डॉक्टर दिवस राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर देश डॉक्टरों को नमन कर रहा है मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रति वर्ष पहली जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष के डॉक्टर्स दिवस का विषय है कोविड महामारी की मृत्यु दर कम करना जाने माने विकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न डॉक्टर विधानचंद्र राय की जयंती डॉक्टर दिवस के रूप में मनाई जाती है उपराष्ट्रपति एमवें कैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को श्रभकामनाएं दी हैं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टरों की प्रशंसा करता है उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश के लिए अपनी सेवाएं देने वालों का सम्मान करें वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर्स सैनिक के रूप में आगे आए हैं पीएम सीए दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश की मजबूत और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर देश और प्रदेश के सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं पर्यटन बैठक स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के प्रमुख बांघों और नदियों में वाटर स्पोटर्स कैफेटेरिया सहित विभिन्न सुविधाए विकसित की जाएंगी साथ ही स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जोड़ने के लिए इस सत्र से नवा रायपुर स्थित होटल मैनेजमेंट संस्थान में पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा इस संबंध में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के संचालक मंडल की बैठक ली उन्होंने बैठक में स्थानीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाने और पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं विकसित किए जाने पर जोर दिया उन्होंने पहले चरण में धमतरी जिले के मॉडमसिल्ली बांध में वाटर दूरिज्म के लिए जल्द कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा साथ ही श्री साह ने रायपूर के जोहार छत्तीसगढ़ होटल में साज सज्जा कर इसे नया रूप देने और माना तूता में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए

इसके पास से एके फोर्टी सेवन रायफल बरामद की गई है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीएन बघेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के जोब पुलिस चौकी के अंतर्गत कटेमा के जंगलों में बीती रात पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई इस मुठभेड़ भें गंमीर रूप से घायल हुए एक माओवादी को मौके से गिरफ्तार किया गया जिसे इलाज के लिए राजनादगांव जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है इस माओवादी की पहचान दर्रेकसा पीवीसी प्लादून कमांडर डेविड के रूप में हुई है पुलिस ने घटनास्थल से दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की है बीच इस दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर चार इनामी सहित अट्ठारह माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है इस माओवादियों ने भांसी क्षेत्र में कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया इनमें एक महिला भी शामिल है इन सभी ने समाज की मुख्यधारा से जुडकर विकास कार्य करने की शपथ ली पुलिस टॉपर सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं और बारहवीं कक्षा में इस साल प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बच्चों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया इस दौरान मुंगेली जिले के बारहवी कक्षा में पहला स्थान हासिल करने वाले टिकेश वैष्णव ने कम्प्यूटर साईंस में इंजीनियरिंग करने की इच्छा जताई और बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है वे अपने इस सपने को पूरा कर सकें इस पर श्री अवस्थी ने उसे आर्थिक सहयोग का भरोसा दिलाते हुए आगे की तैयारी करने के लिए कहा उन्होंने छात्र छात्राओं को कोर्स की किताबों के साथ ही अन्य अच्छी किताबें पढ़ने की भी सलाह दी सम्मान पाने वालों में आयशा अंजुम देवेन्द्र कुमार तारक भिनाल हिरवानी प्रज्ञा कश्यप विरेन्द्र कुमार तारक और आदर्श गिरि शामिल थे मेघदूत ऐप प्रदेश में मानसून शुरू होते ही खरीफ फसल की बोआई शुरू हो गई है ऐसे में किसान खेती किसानी में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए बनाए गए मेघद्रत ऐप पर मौसम और खेती से सम्बधित जानकारी प्राप्त कर भरपूर पैदावार ले सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में उत्कृष्ट किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें कीटों और फसली बीमारियों से लड़ने की क्षमता है कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेत में मृदा स्वास्थ्य के आधार पर खाद और उर्वरक का उचित प्रयोग करने के साथ ही अनावश्यक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करने की सलाह दी है साथ ही उन्होंने धान की खेती करने वाले किसानों को विशेष परिस्थितियों के लिए धान की उपयुक्त किस्में लगाने की भी सलाह दी है वैज्ञानिकों ने कहा कि धान की सीधी बोवाई के लिए यह उपयुक्त समय है

कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य और महापौर विजय देवांगन ने कॉलेज ग्राउंड और स्टेडियम परिसर में पौधा लगाकर इस अभियान की शुरूआत की गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा इस मानसून में धमतरी शहर में करीब दस हजार पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है वहीं हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत कल मुंगेली में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा पौधारोपण अभियान को दौरान जिले में कई स्थानों पर विभिन्न प्रजातियों के छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे चिड़ियाघर प्रदेश में बिलासपुर जिले का कानन पेंडारी विड़ियाघर और रायपुर में जंगल सफारी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है इस दौरान दस वर्ष से कम और पैंसठ वर्ष से अधिक आय के पर्यटकों और गर्भवती महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा सभी पर्यटकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाईजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा संक्षिप्त समाचार आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला द्वारा नान घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी जांच पर रोक लगाने के संबंध में दिए गए आवेदन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है वहीं पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतूर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आज पुलिस महानिरीक्षक संदरराज पी और बस्तर के पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने स्पदन अभियान के तहत पुलिस जवानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की कोंडागांव जिले के अंतर्गत माकड़ी तहसील को अब फरसगांव अनुभाग में शामिल कर दिया गया है कलेक्टर पृष्पेन्द्र कमार मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं कबीरधाम जिले की पोंड़ी प्रलिस ने दो आरोपियों के पास से एक सौ सैंतालीस किलो गांजा जब्त किया है आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है